आकाशवाणी से इस संबोधन का सीधा प्रसारण किया जाएगा यह कार्यक्रम आकाशवाणी के यू ट्यूब चैनल न्यूज ऑन ए आई आर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा राष्ट्रपति के राष्ट्र के नाम संदेश के तुरंत बाद प्रदेश के राज्यपाल कलराज मिश्र और उसके उपरांत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रदेशवासियों के नाम संदेश प्रसारित किया जाएगा

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समारोह की अध्यक्षता करेंगे और मार्च पास्ट की सलामी लेंगे शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्दोज भी समारोह में र्मौजूद रहेंगे

स्वतंत्रता दिवस को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और राज्य के सभी प्रवेश द्वारों पर आने जाने वालों पर पैनी नजर रखी जा रही है इस बीच राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस तथा रक्षा बंधन की शुभकामनाए दी है और उनके सुखद जीवन की कामना की है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने भी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षा बंधन की शुभकामनाएं दी हैं

यह जानकारी विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में दी उन्होंने कहा कि अधिकांश सवाल विधानसभा क्षेत्रवार पूछे गए हैं इसके अलावा विभिन्न विभागों में रिक्तियों पेयजल ड्रग माफिया और बागवानी को लेकर भी सवाल पूछे गए हैं

राजीव कुमार भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक व सुचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में संयुक्त सचिव राजीव कमार ने कहा है कि पानी की बर्बादी लोगों के बीच चर्चा को विषय बननी चाहिए उन्होंने कहा कि जल शक्ति अभियान तब तक सफल नहीं बन सकता जब तक लोग इस बात को न समझे कि पानी को बर्बाद होने से बचाना हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है राजीव कमार ऊना में ऊना खंड की ग्राम पंचायतों के प्रधानों और पंचायत सचिवों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे यह बैठक केंद्र सरकार के जलशक्ति अभियान के तहत आयोजित की गई राजीव कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार ने ऊना जिले को गिरते भूजल स्तर की समस्या से ग्रसित घोषित किया है अग्निहोत्री विधानसभा में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार बंद कमरो में सीमेंट कारखाने स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापनो पर हस्ताक्षर कर रही है जो नियमों के विपरीत है उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा संशोधित नए कानून के अनुसार सीमेंट कारखाने लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निविदाए मंगवाना जरूरी है अग्निहोत्री ने कहा कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में टेंडर ही एक मात्र रास्ता है उन्होंने यह भी कहा कि निवेश के नाम पर प्रदेश में बिल्डरों और प्रॉपर्टी डीलरों को न्यौता देने के प्रयासों से राज्य को भारी नुक्सान होगा दूसरी ओर कांग्रेस विधायक सुखविंद्र सिंह सुक्खू सहित अन्य कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया है राज्यपाल राज्यपाल कलराज मिश्र ने तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर को अपने कार्यो को और प्रभावी ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए हैं राज्यपाल ने यह निर्देश आज तकनीकी विश्वविद्यालय के कार्यों की समीक्षा करते हुए दिए राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय स्तर पर और सुधार की जरूरत है उन्होंने तकनीकी विश्वविद्यालय को उसके तहत चल रहे महाविद्यालयों के कार्यो की भी समीक्षा करने और एक महीने के भीतर रिपोर्ट प्रस्तृत करने के निर्देश दिए इस बीच राज्यपाल ने अपने सचिव राकेश कंवर की माता स्वर्णलता कंवर के निधन पर शोक जताया है

मौसम प्रदेश में मॉनसून लगातार सक्रिय बना हुआ है

सिरमौर जिला में हुई भारी वर्षा के कारण प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां बालासुंदरी के खरको नाला में आई बाढ़ में दो कारें और तीन मोटर साइकल बह गए चम्बा जिला में भी भारी वर्षा से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है चम्बा पठानकोट मार्ग पर परिहार नामक स्थान पर भूस्खलन के कारण कई घंटे बंद रहा